मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में लगभग छत्तीस करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनओं का किया शिलान्यास कहा प्रदेश सरकार विकास कार्यों को तेजी से कराने के लिए कर रही है प्रयास प्रयागराज कुंभ दो हजार उन्नीस को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर प्रदेश के मंत्री देश के विभिन्न राज्यों में जाकर राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को दे रहे हैं कुंभ में आने का न्यौता बुलंदशहर हिंसा मामले का मुख्य आरोपी योगेश राज गिरफ्तार चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि उसने ऋण माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया है कल पंजाब के गुरदासपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले गरीबी हटाओ का नारा देकर और अब ऋण माफी के नाम पर लोगों को छल रही है जैसे कांग्रेस ने देश को दशकों तक गरीबी हटाओ के नारे के साथ ठगा वो अब देश को कर्ज माफी के नाम पर ठग रही है वहीं एनडीए की सरकार विकास की पंचधारा जन जन की सुनवाई के साथ ही बच्चों को पढ़ाई युवाओं को कमाई बुजुर्गों को दवाई किसानों को सिंचाई के लिए दिन रात काम कर रही है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि एन डी ए सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है उन्होंने कहा कि एन डी ए सरकार ने लगभग बारह फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की है उन्होंने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जैसी किसानों के कल्याण की योजनाओं का जिक्र किया उन्नीस सौ चौरासी के दंगों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस इनमें शामिल लोगों को मुख्यमंत्री का पद देकर पुरस्कृत कर रही है दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसके अपराधियों को सजा मिले कांग्रेस के नेताओं को सजा मिले ये पूरे देश की मांग थी एक परिवार के इशारे पर जिन जिन आरोपियों को सज्जन बता कर फाइलें दबा दी गई थी एनडीए सरकार ने उनको बाहर निकाला एसआईटी का गठन किया और परिणाम आपके सामने हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि एन डी ए सरकार ने करतारपुर कोरिडोर बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया उन्होंने कहा कि इसके निर्माण से गुरदासपुर का डेरा बाबा नानक पाकिस्तान में करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब से जुड़ जाएगा इससे पहले प्रधानमंत्री ने जालंधर के निकट भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया उन्होंने इस वर्ष की विषय वस्तु भविष्य का भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार से जोड़ना देश की वास्तविक ताकत है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लालबहाद्र शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ा था लेकिन अब इसमें जय अनुसंघान को जोड़ने की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वैज्ञानिकों के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन शुरू किया है उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्ष में और अधिक टेक्नॉलोजी विजनेस इनक्यूबेटर स्थापित किए गए हैं प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से अपील की कि वे लोगों का जीवन सुगम बनाने के लिए काम करें सारे आविष्कारों के साथ सेंसर टेक्नोलॉजी ड्रोन सेटेलाईट इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक पैकेज बनाकर अपने किसानों की मदद की जाए इस मदद के जरिए हमारे किसान अपनी फसल सिंचाई फर्टिलाइजर और पेस्टसाइड्ज से जुड़े तमाम फैसले आज के वैज्ञानिक तरीकों की मदद से ले सकेंगे हमें सवा सौ करोड़ भारतीयों की ईज ऑफ लिविंग पर भी तेजी से काम करना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखप्र जिले के कस्बा संग्रामप्र उनवल में पैंतीस करोड़ सड़सठ लाख नबे हजार रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुए उनवल नगर पंचायत के लोगों को नव वर्ष पर विकास की सौगात दी शिलान्यास किये गये परियोजनाओं में नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उनवल के नगर पंचायत कार्यालय भवन पू दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों और गलियों की इंटरलाकिंग पथ प्रकाश व्यवस्था अंत्योष्टि स्थल के निर्माण कार्य आदि शामिल है इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के एक हजार दो सौ सात लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही उन्हत्तर हजार शिक्षकों और पचास हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती करेगी युवा अपनी तैयारी करें पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी करायी जायेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार लोगों के विकास के लिए कार्य कर रही है प्रयागराज में कुंभ दो हजार उन्नीस को भव्य बनाने की तैयारियां जोरो पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के मंत्री देश के विभिन्न राज्यों में जाकर राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को कुंभ में आने का निमंत्रण दे रहे हैं इसी कम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री कमलनाथ से भोपाल में मेंट कर उन्हें प्रयागराज में होने वाले कुम्भ दो हजार उन्नीस में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुम्म विश्व के आध्यात्मिक सांस्कृतिक एवं धार्मिक समागम का अनूठा संगम है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने विश्वास व्यक्त किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्विमता ग्रामीण भारत के लिए लाभकारी साबित होगी आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण स्वास्थ्य र्देखभाल तथा शिक्षा और कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने में मदद मिलेगी डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि भारत विज्ञान महोत्सव से विज्ञान को एक जन आंदोलन बनाने में सहायता मिली है भारतीय अनुसंधान संस्थान संगठन इसरो देश में विभिन्न स्थानों पर अंतरिक्ष गलियारों की स्थापना करेगा इसका उद्देश्य लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी देना है परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कल राज्यसभा में बताया कि शुरू में इन गलियारों को हैदराबाद के बिरला विज्ञान केन्द्र मुंबई के नेहरू विज्ञान केंद्र और नई दिल्ली में प्रगति मैदान के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में स्थापित करने की योजना है

बुलंदशहर के पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि योगेश राज को कल स्थानीय अदालत में पेश किया गया जहां से उसे चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है बुलंदशहर हिंसा मामले में अब तक तैंतीस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिले में तीन दिसंबर को भड़की हिंसा में भीड़ ने गौ हत्या की शिकायतों पर कार्रवाई में ढिलाई बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस पर हमला कर दिया था इस हमले में एक पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज की गिरफ्तारी जिले के स्याना के इन्द्रावटी में हई हिसंक घटना के एक महीने बाद हई है

कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि लखनऊ पश्चिम से विधायक सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने किया कार्यशाला में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि हमारे देश में बेटे और बेटियों में असमानता एक चिन्तनीय विषय है जिसके कारगर उपाय के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है और इसी कम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान जैसी योजनाओं की शुरूआत की गई है उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी दी

सूत्रों के अनुसार अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा अनीता भटनागर जैन को खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा विभाग में तैनात किया गया है वहीं अपर मुख्य सचिव राजेन्द्र क्मार तिवारी सुश्री अनीता जैन का स्थान लेंगे प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास अनुराग श्रीवास्तव को पंचायत राज विभाग का अतिरिक्त प्रमार दिया गया है जबकि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशांत त्रिवेदी को आयुष विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है सुश्री सी इन्दुमती को महिला कल्याण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है विशेष सचिव शहरी विकास महेन्द्र कुमार पंचायती राज विभाग के सचिव होंगे